राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के राज्यपालों उप राज्यपालों के अलावा संबंधित मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक ली इस प्रशासकों से कोरोना वायरस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके सहित अन्य राज्यों के राज्यपाल भी शामिल हुए राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि सभी राज्यपाल अपने राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति पर नजर बनाए रखें और टेस्टिंग किट और अन्य चिकित्सा उपकरण इत्यादि की कमी और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की सलाह आवष्यकता के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा कर सकते हैं राष्ट्रपति ने कहा कि जिलों में रेडक्रास सोसायटी को सक्रिय किया जाए ताकि वे स्वयंसेवकों के माध्यम से कोरोना वायरस से बचाव में सहयोग कर सके उनके माध्यम से चिकित्सा सुविधा गरीबों को भोजन पैकेट तैयार कर वितरित कराने की व्यवस्था भी सुनिष्वित की जा सकती है श्री कोविंद ने विष्वविद्यालयों के लिए कहा कि सभी कुलपति छात्रों के साथ आम जनता को जागरूक करने में मदद करें इन सभी कार्यो में सोषल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें उन्होंने छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाईन कोर्स प्रारंभ करने का सज्ञाव दिया बैठक में विपरीत परिस्थितियों के लिए रेनबसेरा धर्मषालाओं सरकारी योजनाओं के आवासों को और इसी प्रकार की अन्य भवनों को तैयार रखे जाने का भी सुझाव दिया गया कोरोना एडवाइजरी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र जारी कर प्रवासी कृषि मजदूरों औद्योगिक कामगारों और असंगठित क्षेत्र के अन्य कामगारों को भोजन तथा आश्रय सहित पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए कहा है इसी तरह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि ये अन्य राज्यों के छात्रों कामकाजी महिलाओं का अपने मौजूदा आवास में ही बने रहना सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाएं पत्र में सुझाव दिया गया है कि ऐसे लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से उन्हें स्वच्छ पेयजल के साथ ही भोजन और आश्रय भी प्रदान करने के उपाय किए जाएं इसके अलावा उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं मुफ्त में मुहैया कराई जाएं कोरोना मुख्यमंत्री संबोधन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब से कुछ देर पहले राज्य की जनता के नाम जारी अपने संदेश में कहा है कि सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के सभी संभाग आयुक्तों पुलिस महानिरीक्षकों कलेक्टर पुलिस अधीक्षक मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर निगम के आयुक्त और अन्य अधिकारियों से बातचीत की इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक गांव मोहल्ला नगरों और प्रत्येक कॉलोनियों में राशन सामग्री सहित दैनिक उपयोग के सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि मनोरोगी भिखारी बुजुर्गों और दिहाड़ी मजदूरों सहित अन्य जरूरतमंदों की भोजन व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की भोजन व्यवस्था के लिए लंगर जैसे आयोजन किसी भी तरह नहीं होने चाहिए मुख्य सचिव ने कहा कि जो व्यक्ति आइसोलेशन में हैं उन्हें स्टिकर लगाकर चिन्हित किया जाए ताकि वे बाहर न घूमें और दूसरे लोगों को संक्रमण से भी बचाया जा सके

यह कीमत बिना बुनाई वाले मास्क पर तीस जून तक के लिए लागू रहेगी इससे पहले केन्द्र सरकार ने दो और तीन परतों वाले सर्जिकल मास्क की कीमत आठ और दस रुपये निर्धारित की थी केंद्रीय उपभोक्ता कार्य सचिव पवन अग्रवाल ने कहा कि हैंड सेनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं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 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे नये कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें अगर किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार महसूस हो तो उसे तत्व्काल अपने को अन्य लोगों से अलग कर लेना है लोगों को परामर्श दिया जाता है कि बिना हाथ धोये अपने आंख नाक और मुंह को स्पर्श न करें स्घ्वास्ध्ध्य मंत्रालय का निर्देश है कि बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना जरूरी है अल्कोहल मिश्रित पदार्थ सैनेटाइजर से भी हाथ साफ रखे जा सकते हैं खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह पर रूमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्घ्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर को बंद कूड़ेदान में फेंकना जरूरी है बुखार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से परामर्श करें

कोरोना रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है इसके तहत रायपुर के पास मंदिर हसौद स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से लोडिंग कर हजारीबाग धनबाद साहिबगंज सहित बिहार और झारखंड के अन्य शहरों में चावल भेजा जा रहा है आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब तक करीब आठ हजार नौ सौ अट्ठारह टन चावल भेजा जा चुका है इस कार्य में लोको पायलट गार्ड गुड्स सुपरवाईजर सहित मालगाड़ियों के संचालन में लगे अन्य अधिकारी कर्मचारी अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं

राजधानी रायपुर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सैनिटाईजेशन साफ सफाई के साथ लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों में लोगों को निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत शहर के दीनदयाल उपाध्याय नगर के गोल चौक में स्थित सभी दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए दो मीटर की दूरी निर्धारित कर चूने से गोल घेरा बनाया है इधर दुर्ग जिले में देशव्यापी लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले दो सौ उनतीस वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वहीं तीन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला भी पंजीबद्ध किया गया है इसके अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए बीएसपी की आधी इकाईयां ही चालू रखने का निर्णय लिया है उधर रायगढ़ शहर में फल विक्रेताओं के लिए शहर के नटवर स्कूल के मैदान को चयनित किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निगम द्वारा एक एक मीटर की दूरी पर सर्कल बनाया गया है फल व्यापारी सुबह पांच से नो बजे तक कुल चार घंटे फल की बिक्री कर सकते हैं वहीं शहर में अनाज की होम डिलीवरी सेवा भी शुरू हो गई है सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे के बीच कोई भी व्यक्ति फोन कर अपने घर तक अनाज मंगवा सकता है

वहीं राजनांदगांव कलेक्टर जेपी मौर्य ने लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि आईसोलेशन पर रखे गए लोग यदि बाहर घूमते पाए गए तो उन पर दस हजार रूपये जुर्माना लगाया जाएगा इसके अलावा आम लोग यदि बिना कारण के घूमते पाए गए तो उन पर एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा इधर कवर्धा कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने जिले में संवेदनशील और समस्याग्रस्त लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए जिला पंचायत में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है इस नियंत्रण कक्ष में राशन पानी और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं मिलने पर फोन के जरिये शिकायत की जा सकती है उधर बालोद जिले में लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी रोकने और आम जनता को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न सामग्रियों की निर्धारित कीमत की सूची जारी की है सूची में फल सब्जी दाल चावल सहित अन्य सामग्रियों के दाम तय किए गए हैं वहीं कोंडागांव जिले में कलेक्टर ने मकान मालिकों को हिदायत दी है कि वे वर्तमान समय में अपने किराएदारों को घर खाली करने के लिए दबाव न बनाए अन्यथा शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने भी मकान मालिकों से अपील की है कि वर्तमान में आर्थिक स्थिति के कारण किराया नहीं देने वाले किरायेदारों को मानवीय आधार पर सहयोग प्रदान करें कोरोना सिंहदेव इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि वर्तमान समय में कोरोना मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को सर्जिकल मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है इसे देखते हुए सर्जिकल मास्क का उपयोग केवल उन्हीं लोगों द्वारा किया जाए जो कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में हैं श्री सिंहदेव ने कहा कि जानकारी के अभाव में यह देखा जा रहा है कि आम जनता सहित अधिकारियों कर्मचारियों पुलिस जवानों पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी बड़े पैमाने पर सर्जिकल मास्क का उपयोग किया जा रहा है इससे जिन्हें मास्क की वाकई जरूरत है उन तक इसे पहुंचाने में कठिनाई हो रही है स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान में लोगों से अपील की है कि चिकित्सा सेवाओं के अलावा अन्य कार्यों में लगे हुए लोग सामान्य कपड़े के बने हुए मास्क का उपयोग भी अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं यह मास्क घर पर बनाया जा सकता है और इसे साबुन से धोने के बाद कई बार उपयोग में लाया जा सकता है कोरोना स्वच्छता कमांडो कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्यरत स्वच्छता कमांडो की सेवा अवधि दो माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने इस आशय के आदेश द्रभाष के माध्यम से विभागीय अधिकारियों को दिए हैं जारी निर्देश में कहा गया है कि नगरीय निकायों में पार्षद मद से भी साफ सफाई की जाएगी जावडेकर रामायण केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज घोषणा की है कि आम जनता की मांग पर दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर कल से रामायण धारावाहिक का प्रसारण फिर से शुरू होगा एक ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि धारावाहिक की पहली कड़ी का प्रसारण सुबह नौ बजे से दस बजे तक और दूसरी का रात नौ बजे से दस बजे तक किया जाएगा